त् सिमडेगा जिले में आज एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसे आइसोलेषन सेंटर में रखा गया है

इस कारण इस घने जंगल के इलाके में पारिस्थितिक असंतुलन भी बनता जा रहा है

लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए गए हैं दिशा निर्देशों के अनुसार रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आपदा प्रबंधन विभाग तथा मौसम विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जैसी पूर्व चेतावनी एजेंसियां बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी उनके अंतर्गत कार्य कर रहे अन्य मंत्रालय और विभागों में उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति रहेगी

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग और आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां खुली रहेंगी

मनरेगा कार्य सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के कड़े अनुपालन के साथ जारी रखने की अनुमति दी गई है

राज्य के उदयोग विभाग ने इस संबंध में इन इकाइयों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखा है केन्द्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को छूट देने का निर्देश जारी किया था राज्य के उदयोग विभाग के उपनिदेशक राजेन्द्र प्रसाद ने नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित सभी विनिर्माण इकाइयों को पत्र लिखकर कहा है कि वे केन्द्र सरकार की मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए काम शुरू करें

नये संक्रमितों में से तीन लोग रांची के हैं वहीं एक व्यक्ति सिमडेगा जिले का रहने वाला है वहीं दूसरी तरफ धनबाद में दूसरे कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है उपायुक्त अमित कुमार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी पुष्टि की संकमित युवक रेलकर्मी है और वह हाल ही में बोकारो से लौटा था उपायुक्त ने बताया कि प्रभावित इलाके को सील किया जा रहा है

इससे पहले कल एक कोरोना संक्रमित मरीज रांची के हिन्दपीढ़ी इलाके से मिला था जो वेस्टइंडिज का रहने वाला है यह मरीज तब्लीगी जमात से जुड़ा हुआ है और काफी दिनों तक हिन्दपीढ़ी में रहा था तीस मार्च को इस मरीज के साथ ही सोलह विदेषी समेत बाईस लोगों को खेलगांव स्थित आइसोलेषन वार्ड में षिफ्ट किया गया था जांच के दौरान वेस्टइंडिज के रहने वाले इस मरीज का परिणाम पॉजिटिव आया है जांच के दौरान इसी दल की मलेषिया की एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी यह महिला झारखण्ड की पहली कोरोना संक्रमित मरीज है

पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डेडिकेटेड कोरेंटाइन सेंटर फॉर आइसोलेशन वार्ड से एक संदिग्ध फरार हो गया है कल शाम उसके भागने के बाद से हड़कंप मच गया स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुटे है लेकिन संदिग्ध की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है इस संबंध में शहर थाना में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मामला दर्ज कराया गया है गोड्डा जिले के कुछ क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग अपने घरों से बिना निकले ही जरूरी सामान को प्राप्त कर लें गोड्डा उपायुक्त किरण कुमारी पासी ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा गोड्डा ऐप के माध्यम से आवश्यक सामान की घर में डिलीवरी की शुरुआत करवाई है गोड्डा में घर बैठे ही ऑर्डर देकर निशुल्क सेवा लेते हुए गोड्डा वासी कई तरह के सामान घर पर मंगवा सकते हैं कई दुकानों को इस एप से जोड़ा गया है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

परिचर्चा में सर गंगा राम अस्पताल नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ रियूमेटोलॉजी एण्ड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी भाग लेंगे

यह विशेष कार्यक्रम आज रात नौ बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

बताया गया कि यह युवक पूर्व में पॉजिटिव पाए गए युवक के साथ बलसोकरा रांची की जमात में गया था एसडीओ कवर सिंह पहान के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी क्वारन्टीन सेंटर नमाजी कॉप्लेक्स से पॉजिटिव युवक को निकाल कर आइसोलेशन सेंटर शांति भवन मेडिकल सेंटर बीरू ले गए इस दौरान एसडीपीओ राजकिशोर बीडीओ शशिन्द्र बड़ाईक सीओ पंकज कुमार थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार सिंह भी मौजूद थे एशिया प्रसिद्ध सारंडा के वनों में लगी आग से जंगलों को काफी नुकसान हो रहा है इस कारण इस घने जंगल के इलाके में पारिस्थितिक असंतुलन भी बनता जा रहा है जानकारी हो कि झारखंड के जंगलों में महआ की बहतायत है और यहां महआ चुनने वाले लोग जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि महुआ चुनने में सहूलियत हो लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत ही खतरनाक होता है इससे न सिर्फ जंगली वनस्पतियों को नुकसान होता है बल्कि जंगली जानवरों को नुकसान होने के साथ साथ एक पारिस्थितिक असंतुलन भी बनता जाता है इसके साथ ही जंगल पर आश्रित लोगों को भी परेषानी हो है धनबाद के डीएस कॉलोनी में कोरोनावायरस से ग्रसित व्यक्ति के मिलने के बाद कल जिला प्रषासन ने सुरक्षा के लिए कई कदम उठाये हैं इसके लिए अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने मरीज के निवास स्थान को ईपी सेंटर के रूप में चिह्नित करते हुए डीएस कॉलोनी और अजंतापाड़ा को कंटेनमेंट जोन के रुप में चिहित कर उसे सील कर दिया है इसके साथ ही वहां तत्काल प्रभाव से कर्फयू लगा दिया गया है

इस संबंध में साहिबगंज और पलामू के लाभुकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी

इसके तहत प्रशासन ने सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों से लेकर आम जनता के लिए संदेश जारी कर गुटखा खैनी पान मसाला आदि खाकर जहां तहां थ्रकने पर प्रतिबंध लगा दिया है

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल पाणिनी शारदा और किशोर मंच चैनल पर स्काइप के माध्यम से सजीव शिक्षा सत्र प्रसारण की शुरुआत की है विद्यार्थी सुबह सात बजे से छह घंटे के लिए रिकॉर्डेड प्रसारण और दोपहर एक बजे से शाम सात बजे तक विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ लाइव सत्र देख सकते हैं डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर से डीडी डीटीएच और जियो टीवी ऐप सहित सभी निःशुल्क चैनलों के लिए अनुरोध किया जा सकता है

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी रांची विष्वविद्यालय के षिक्षकों और अधिकारियों को सातवें वेतनमान का एरियर देने की फाइल बढ़ा दी गयी है इन्हें जनवरी दो हजार सोलह से फरवरी दो हजार बीस तक पचास माह का एकमुष्त एरियर दिया जायेगा शेष बारह माह का एरियर भुगतान बाद में किया जायेगा षिक्षकों को मार्च दो हजार बीस से सातवें वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जा रहा है इधर विष्वविद्यालय के षिक्षकों को एचआरए और मेडिकल भत्ता अभी छठे वेतनमान के अनुसार ही मिल रहा है